पिछले चौबीस घंटे में बारह हजार दस रोगी ठीक हए हैं और अब स्वस्थ होने की दर अटठावन दशमलव छह सात प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में उन्नीस हजार चार सौ उन्सठ लोगों में कोविड की पृष्टि हई है अब देश में कोविड मरीजों की क्ल संख्या पांच लाख अड़तालीस हजार तीन सौ अट्ठारह हो गई है एक दिन में तीन सौ अस्सी लोगों की मृत्य के साथ मृतकों की क्ल संख्या सोलह हजार चार सौ पचहत्तर हो गई है इस समय देश में दो लाख दस हजार एक सौ वीस मरीजों का इलाज चल रहा है इस बीच भारतीय आय्र्विज्ञान अनुसंघान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में एक लाख सत्तर हजार पांच सौ साठ नमूनों की जांच की गई अब तक क्ल तिरासी लाख अन्ठानबे हजार तीन सौ बासठ नमुनों की जांच की गई है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी की रोकथाम के बारे में जाने माने चिकित्सा विरोषज्ञों की राय प्रसारित करता है इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में हृदय रोग विभाग में डॉ अंबज रॉय ने लोगों को विशेषकर उच्च रक्तचााप और कैंसर के मरीजों को संक्रमण से बचने के लिए विशेष साक्षानी बरतने को कहा

प्रदेश के कई जिले टिड्डियों की समस्या से जूझ रहे हैं राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में टिड्डियों के बड़े दलों ने हमला किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन टिडियों को मारने के लिए बडे पैमाने पर प्रयास कर रहा है एक रिपोर्ट आकारवाणी के साथ खास बातचीत में प्रदेश के प्रमुख सचिव क्रावि देवेश व्तुर्वेदी ने कहा कि इस समय प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में गौतम बुध नगर आगरा और बुलंदराहर में जबकि पूर्वी हिस्से में बस्ती कुशीनगर और सिद्वार्थ नगर जिलों में दिड्डी दल सक्रिय हैं उन्होंने कहा कि हवा के रुख में बदलाव के साथ ही यह दल भी अपनी दिशा बदल रहे हैं

राज्य सरकार उन किसानों को भी मुखावजा प्रदान कर रही है जिनकी फसल टिडियों के हमले से खराब हुई है रेवेश क्तुर्वेदी ने कहा कि प्रशासन और गांव वालों के बीच सूचना के माध्यम से बना हुआ है और गांव वालों को टिड्डी दलों को आने की सूचना पहर्ते से दी जा रही है गांव वाले भी इन टिडियों के आने की जानकारी दे रहे हैं ताकि समय रहते उनपर कार्रवाई की जा सकें सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कुशीनगर जिले के दुदही छितौनी क्षेत्र के कई गांवों में टिड्डियों का प्रकोप कल से बना हुआ है जिला प्रशासन इन्हें खत्म करने का हर सम्भव उपाय कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियेक्त किया है वे श्री लालजी टंडन की अनुपस्थिति में मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन इस समय अवकाश पर है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आकलन योजना के आधार पर दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मुल्यांकन कर रहा है सीबीएसई ने बताया कि परीक्षाओं का परिणाम पन्द्रह जुलाई को घोषित किया जाएगा

हाल ही में सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी ये परीक्षाएं पहली से पन्द्रह जुलाई तक होनी थी कशीनगर जिले के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेन्द्र शक्ल का जिले के हेतिमपुर के रेंगवनिया घाट पर आज परे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया उनका कल गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निघन हो गया था वह सड़सठ वर्ष के थे तथा काफी लम्बे समय से बीमार चल रहे थे श्री शुक्ल उन्नीस सौ इक्यानबे में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पडरौना विघानसभा क्षेत्र से कियायक चने गए थे उनके निधन पर गणमान्य व्यक्तिों और भाजपा सहित अन्य दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है